मास्क पहनें

हाथ और मुंह साफ रखें

अब तक नब्बे फीसदी से अधिक संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान ग्यारह सौ इकतीस संक्रमित स्वस्थ हुए हैं

इनमें रांची के दो सौ सतर मामले भाामिल हैं इसके अलावा जम ीदपुर से सड़सठ बोकारो से छियालीस चतरा सोलह देवघर से तेरह धनबाद से पैसठ द्रमका से चार गढ़वा से अठारह गिरिडीह से बाइस गोड्डा से चौदह गुमला से बाइस हजारीबाग से चौदह जामताड़ा से आठ ख्रंटी से पांच कोडरमा से बारह लातेहार से आठ लोहरदगा से दो पाकुड़ से चार पलामू से आठ रामगढ़ से इक्कीस साहेबगंज से दस सरायकेला से इक्कीस सिमर्डगा से छह और पशिचमी सिंहमूम से इक्कीस संक्रमित मिले हैं

डॉक्टर श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि त्योहारों के मौसम को देखते हुए लोगों को और ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना जागरुकता आंदोलन के तीसरे दिन भी सघन प्रचार प्रसार जारी रहा राजधानी रांची में पत्र सूचना कार्यालय रांची और प्रादेपीषक लोक संपर्क ब्यूरो तथा रांची के अपर महानिदे ाक अरिह मर्दन सिंह की देखरेख में भाहर के प्रमुख स्थानों और कार्यालयों में कोरोना बचाव से संबंधित जन आंदोलन के बैनर तथा पोस्टर लगावाए गए

इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां द्वीटर फेसबुक और सो ाल मीडिया के माध्यमों से लोगों को जन आंदोलन से जोड़ रही है इधर द्रमका धनबाद डालटनगंज और गुमला में कार्यरत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की इकाइयां बस स्टैंड कचहरी समाहरणालय अस्पताल बाजार स्कूल और कॉलेजों के मुख्य द्वार पर कोरोना से बचाव के लिए पोस्टर बैनर लगाने के साथ कोरोना जागरुकता के प्रति लोगों को प्रेरित कर रही है इस मुहिम में केंद्र सरकार के कई कार्यालय में भी इस जन आंदोलन को बढ़ाने में प्रयासरत है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

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह योजना करोड़ों भारतीयों का जीवन बदलने में मील का पत्थर साबित होगी प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना की भारुआत करेंगे

संपत्ति के मालिकाना हक का आधिकारिक दस्तावेज ग्रामीणों को सशक्त बनाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे उन्हें बैंक ऋण सहित कई वित्तीय सुविधाएं मिल सकेंगी

गृह मंत्रालय ने परामर्श में कहा है कि किसी भी संज्ञेय अपराध में दण्ड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट एफ आई आर दर्ज की जानी चाहिए परामर्श के अनुसार कानून में पुलिस थाने के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए किसी अपराध के सिलसिले में जीरो एफआईआर दायर करने का भी अधिकार दिया गया है महिलाओं से दुष्कर्म सहित किसी भी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है मंत्रालय ने कहा है कि कानून के प्रावधानों को कड़ा करने और क्षमता बढाने के उपायों के बाद भी पुलिस द्वारा अनिवार्य नियमों का पालन न किया जाना देश की आपराधिक न्याय प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है परामर्श में कहा गया है कि नियमों के पालन में कोई चूक नजर आने पर इसकी जांच की जानी चाहिए और इसके लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए

श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

इसकी घोशणा रांची नगर निगम ने कल की है ट्रांसपोर्ट सेल के सिटी मैनेजर आफताब आलम ने बताया है कि बसों के लिए दो रूट निर्धारित किए गए हैं एक रूट से कचहरी चौक से मेन रोड होते हुए राजेंद्र चौक तक की है वहीं दूसरा रूट कि गोरी यादव चौक कचहरी कांटा टोली सुजाता चौक डोरंडा हिनू बिरसा चौक होते हुए धूर्वा चौक तक की है बसें सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक चलेंगी सभी बसों को खुलने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा बस में मात्र पंद्रह यात्री ही बैठ सकेंगे

पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स ने चार विकेट पर एक सौ उनहतर रन बनाए इसमें कप्तान विराट कोहली ने नब्बे रनों का योगदान दिया जवाबी पारी खेलने उतरी चेन्नई की टीम आठ विकेट पर एक सौ बत्तीस रन ही बना सकी आईपीएल में आज राजस्थान का मुकाबला हैदराबाद से और मुंबई का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा

दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर धोनी के परिवार को गुजरात से धमकी भरा पोस्ट सुरक्षा बढ़ाई की खबर को प्रमुखता से छापा है दैनिक जागरण ने राजकोशीय नीति में दखल नहीं दे सकती है अदालत की भीर्शक को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे मेडिका श्रिाक्षा मंत्री का जाना हाल भीर्शक की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है